कोन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि और ग्रामीण विकास को राष्ट्र के लिये बहत महत्वपूर्ण बताया

भोपाल सहित प्रदेश के तमाम शहरों में शीतलहर जैसे हालात कई जिलों में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का हो प्रभावित नहीं होगा प्रधानमंत्री ने इस बारे में कई ट्वीट करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन द्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद हैं उन्होंने कहा कि बहस चर्चा और मतभेद लोकतंत्र का अहम हिस्सा रहे हैं लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहंचाना और सामान्य जन जीवन में व्यवधान हमारे लोकाचार का कभी भी हिस्सा नहीं रहा

उन्होंने कहा कि यह कानून सबको अपनाने सौहार्द भाईचारे और करूणा की देश की सदियों पुरानी संस्कृति का परिचायक है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय शांति एकता और भाईचारा बनाए रखने का है उन्होंने अपील की है कि लोग अफवाह और झूठ फैलाने वालों सें बचें क़षि मंत्री केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमेंशा की तरह आज भी मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था का साथ दे रही है आज भोपाल में एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्र के लिये बहत महत्वपूर्ण है श्री तोमर ने कहा कि कृषि को उन्नत समुद्ध मजबृत और लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये केन्द्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली पानी और खाद बीज जैसी मुलभूत सुविधाएं पूरी होने के बाद भी किसान कभी कभी प्रकृति के आगे लाचार हो जाते हैं उन्होंने कहा कि किसानों को एसी आपदाओं से बचाने के लिये फसल बीमा जैसी योजनाएं बनाई गई हैं इस कार्यक्रम में प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए

सत्र के दौरान सदन की कृल पांच बैठकें होंगी जिसमें शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे

सत्र को लेकर रणनीति तैयार करने के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही आज विधायक दल की बैठकें बुलाई हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री कल भोपाल के मिंटो हॉल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे यहां वे सरकार का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजुद रहेंगे

मनरेगा अन्तर्गत कराये गये उत्कृष्ट कार्य और केन्द्र सरकार द्वारा कराये गये सत्यापन के बाद जिले का चयन इस पुरूस्कार के लिये किया गया है

इस उपलब्धि पर हमारे संवाददाता दिलीप शर्मा ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से बात की

आज उन शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई जिन्होंने इस युद्व में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं

इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत न पहले कमजोर था और न आज कमजोर है यहां उन्होंने इस युद्ध से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह गुना जिले के राघौगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भोपाल के सरोजनी नायड् कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में आयोजित कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया राजगढ़ सिवनी बैतूल सीहोर धार शहडोल निवाडी सीधी आगरमालवा खंडवा देवास मुरैना बड़वानी कटनी श्योपुर सागर डिंडोरी और अनूपपुर सहित सभी जिलों में विजय दिवस पर सैनिकों के सम्मान में कार्यकम आयोजित किये गये मौसम जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली उत्तरी हवा से पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है भोपाल संभाग में शीतलहर जैसे हालात है शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कपकपाती सर्दी से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है

उधर सिवनी में आज भी बारिश हुई

इंदौर ग्वालियर भिंड मुरैना दतिया ग्ना खरगोन पचमढ़ी रायसेन राजगढ़ शाजापुर उज्जैन छिंदवाड़ा जबलपुर मंडला नरसिंहपुर रीवा उमरिया और अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है

पर्यटन निगम एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री महिमा चौधरी रवीना टंडन अभिनेता सनी देओल रणबीर कपूर गायक कैलाश खेर सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी

चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश के साथ साथ देशभर के पांच सौ से अधिक खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं